इस योजना का लाभ अब व्यवसायिक शिक्षा की बालिकाओं को भी मिलेगा शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया

इसके अलावा मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं तथा शारीरिक अक्षमता वाली छात्राओं के लिए चलाई जा रही सबलता पुरस्कार योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है सीकर जिले के खाटूश्यामजी में भर रहे फाल्गुनी लक्खी मेले में मुख्य मेला आज भर रहा है कोरोना महामारी के चलते इस बार श्याम बाबा परंपरागत रूप से नगर भ्रमण के लिए नहीं निकलेंगे औपचारिक रूप से रथयात्रा मंदिर परिसर के इर्द गिर्द ही निकाली जाएगी

कोरोना संकमण को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पुख्ता प्रबंध किए हैं इस बीच खाटूश्याम मेले में बिना कोविङ जांच रिपोर्ट के आने वाले भक्तों को रूपए लेकर नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देने के मामले में पुलिस ने एक कंप्यूटर सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है

आज मुख्य मेला होने के कारण सभी नाको पर नियुक्त टीमों को कोरोना जांच रिपोर्ट का सत्यापन करने के जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है

चार जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ गरिमा जैन ने आकाशवाणी के माध्यम से पात्र लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन की अपील की है

इस बीच प्रदेश में आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है

श्रीगंगानगर के राजियासर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में सेना के तीन जवानो की मृत्यु हो गई पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड पर सेना की एक जिप्सी अनियंत्रित होकर गड्डे में पलट गयी हादसे के बाद वाहन में लगी आग से ये हादसा हुआ हादस में पांच जवान गंभीर रूप से झुलस गये जिन्हे इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है

प्रदेश में पिछले दिनों मौसम में आए बदलाव के बाद अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कमी आई है